भाजपा और कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता इन दिनों राज्यमर में प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में नागौर और भरतपुर में सभाएं कीं आज दोपहर नागौर में जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा काम के आधार पर वोट मांग रही है और विकास भाजपा सरकारों का मूल मंत्र है

उन्होंने कहा कि इन मकानो का मालिकाना हक घर की महिलाओं को दिया गया है उन्होंने राजस्थान में पानी की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिये कोई प्रयास नहीं किए गये

प्रधानमंत्री ने बाद में भरतपुर में जनसभा में कहा कि विकास के लिए कांग्रेस को विदा करना जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासन में बारह लाख करोड़ के घोटाले हुए

उन्होंने मुख्यमंत्री वसंधरा राजे पर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने और करौली की रेल लाइन परियोजना के काम को बंद कराने का आरोप लगाया

श्री पायलट ने अरियाली लाम्बाकलां कल्याणपुरा गोपालपुरा खरेड़ा समेत अन्य गांवों में मतदाताओं से सम्पर्क कर वोट मांगे एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों के हित में फैसले किए जाएंगे

पार्टी प्रवक्ता सत्येन्द्र राघव ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी का जन घोषणा पत्र जारी करेंगे

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री अठावले ने कहा कि राम मंदिर निर्माण होना चाहिए लेकिन इस पर अध्यादेश लाना उचित नहीं होगा

नागौर जिले के बैरावास और दांतीणा गांवों में वोट बारात निकाली गई नावांसिटी में भी शादी कार्ड देकर मतदान की अपील की गई बीकानेर में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन रखा गया इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने कलेक्टर परिसर में रंगोली सजाकर शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया बांसवाड़ा में आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई साथ ही कुशलबाग मैदान में विभिन्न तरह की रंगोलियां बनाई गई

जैसलमेर और बीकानेर में भी रंगोली बनाकर वोट डालने का संदेश दिया गया

यहां की सरदारपुरा सीट चर्चित बनी हुई हैं जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में हैं